सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गो में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र दवाई भी कड़ाई भी याद रखना चाहिए भारत के कृषि क्षेत्र में आधुनिकता को समय की मांग बताते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परम्परागत कृषि के साथ ही नए विकल्पों को अपनाना भी ज़रूरी है कृषि मंत्री कृषि मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिले में सामूहिक कार्यक्रमों में लापरवाही के चलते कोरोना मामलों में वृद्वि हो रही है ऊना में आज कोविड समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मामलों की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से भी इन दिशा निर्देशों की अनुपालना की लगातार निगरानी करने का आग्रह किया

उन्होंने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन की दोनों डोज़ अनिवार्य रूप से लगाने का भी आग्रह किया हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि का क्रम लगातार जारी है

संकल्प पत्र भाजपा ने सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन में ये संकल्प पत्र जारी किया सोलन चुनाव प्रभारी राजीव बिंदल ने बताया कि संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर प्रशासन देते हुए सोलन का सर्वागीण विकास करने का लक्ष्य तय किया गया है उन्होंने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के लिए एक नई पेयजल योजना बनाई जाएगी सोलन के समीप खेल मैदान व सभागार सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने का उल्लेख किया गया है बिंदल ने बताया कि शहर को बिजली और टेलीफोन की तारों के जाल से मुक्त शहर बनाया जाएगा संकल्प पत्र में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण और पार्कों के नवीनीकरण पर भी ज़ोर दिया गया है होली रंगों का त्योहार होली कल मनाया जाएगा राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को होली उत्सव की बधाई दी है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि ये त्योहार भाईचारे की भावना को सुदृढ़ कर देश की एकता व अखण्डता को और मज़बूती प्रदान करेगा अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनज़र लोगों से होली का त्योहार सार्वजनिक रूप से न मनाकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मनाने का आग्रह किया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी लोगों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी हैं दिशा निर्देश इस बीच त्योहारों को देखते हुए केन्द्र सरकार ने पहले ही राज्यों को भीड़ नियंत्रित करने के आवश्यक उपाय करने को कहा है इन उपायों में मास्क लगाना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है केन्द्र ने लोगों को इस बारे में सतर्क करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा है